कोविड वैक्सीन पूरी तरह स्रक्षित है टीकाकरण के लिए आगे आएं अफवाहों पर विश्वास न करे यह भी याद रखना है कि बार बार हाथ धोना मास्क पहनना व दो गज की दूरी अभी भी जरूरी है

आज नई दिल्ली मे हई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सभी योग्य व्यक्तियों से अपील की कि वोह त्रंत पंजीकरण करके कोविड का टीका लगवायें

उन्होंने स्पष्ट किया कि वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और इसकी कोई कमी नहीं

केन्द्र सरकार ने कहा है कि अटल पेंशन योजना के तहत इस वर्ष फरवारी माह तक सत्तावन हज़ार लाख रूपये वितरित किये गये है वित्त और निगम मामले बारे राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने लोकसभा में लिखित रूप में ये जानकारी दी

एक सरकारी प्रवक्ता ने आज चंडीगढ़ में बताया कि हरियाणा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण दवारा इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों प्लिस महानिदेशक सभी मंडलाय्क्तों और उपाय्क्तों को पत्र जारी किया गया है

स्वास्थ्य विश्व विद्यालय रोहतक में स्टेट इंस्टीच्यूट ऑफ बायरोलाजी स्थापित करने के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है विश्व विदयालय के कुलपति डॉ ओ पी कालड़ा ने पत्रकारों से बातचीत दौरान बताया कि कोरोना महामारी से लड़ने के लिए संस्थान पूरी तरह से तैयार है

उसकी पहचान पहचान के लिए जल्द ही जीसं सिकवेंसर संस्थान में उपलब्ध हो जायेगा जिसकी मदद से कोरोना महामारी पर काब् पाने मे मदद मिलेगी डॉ कालड़ा ने कहा कि कोरोना महामारी के रोगी जिस प्रकार बढ़ रहे है उससे मुकाबला करने के लिए पीजीआई रोहतक में सभी प्रबंध पूरे है हिमाचल प्रदेश सरकार ने कोरोना मामलों के बढ़ने के मद्देनज़र डेरा बडभाग सिंह में मैडी होली मेले के आयोजन पर रोक लगा दी है नारायणगढ़ उप मंडल की एस डी एम डॉ वैशाली शर्मा ने ये जानकारी देते हये बताया कि इस बारे में जिला ऊना के उपायुक्त राघव शर्मा ने पत्र जारी कर सुचना दी है काबिलेगौर है कि प्रत्येक वर्ष पंजाब हरियाणा से भारी संख्या में श्रद्वाल् मेले में भाग लेने के लिए जाते है

हरियाणा में आज शहीद भगत सिंह राजग्रू और स्खदेव विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर श्रद्वाजंलि दी गई हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उप म्ख्यमंत्री द्ष्यंत चौटाला ने शहीदों को सर्वोच्च बलिदन के लिए उन्हें नमन करते हये कहा कि य्वा पीढ़ी को भारत मां के इन स्पूतों से प्ररेणा लेनी चाहिए हरियाणा के परिवहन मंत्री मूल चंद शर्मा ने कहा है कि शहीदों की कुर्बानियों को भुलाया नही जा सकता इनके बलिदान के कारण ही देशवासी स्वयं को स्रक्षित और आज़ाद महसूस करते है

शहीदों को याद में दो मिनट का मौन रखा गया उनहोंने इस मौके पर शहीद लैफिटनेंट हवा सिंह वेलफेयर सोसायटी द्वारा आयोजित साईकल रैली को रवाना किया और तीन शहीदों के परिवारों को एक एक साईकल भेंट की

सिरसा के शहीद भगत सिंह चौंक पर उपाय्क्त प्रदीप कुमार ने प्ष्प चक्र अर्पित कर नमन किया इस मौके पर नगराधीश गौरव ग्प्ता व अन्य वरिष्ट अधिकारी मौजूद रहे भिवानी में भी विभिन्न सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने शहीदों को श्रद्वाजंलि दी

कई स्थानों पर रक्त दान शिविर लगाये गये शहीदों की याद में आज फरीदाबाद पलवल यम्नानगर और अम्बाला जिले के गांव सिरसगढ़ में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया

यह जानकरी संवेदना अभियान के म्ख्य सूत्रधार व निफ़ा अध्यक्ष प्रीतपाल सिंह पन्न् ने करनाल में दी

प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी वीडियो कॉन्फ्रेंस से इस आयोजन से जुड़े व रक्त दान को लेकर अपना संदेश दिया

शहीद भगत सिंह के भतीजे अभय संध् शहीद स्खदेव के पोते अन्ज थापर भी आयोजन में विशेष रूप से पहूँचे

बोर्ड अध्यक्ष जगबीर सिह एंव सचिव राजीव प्रसाद ने बताया कि इन परीक्षार्थीयों की सूचना बोर्ड सम्बधित संस्था को ई मेल एवं एस एम एस के माध्यम से भेज दी गई है

सिरसा नारकोटिक्स् कंट्रोल ब्यूरों की टीम दवारा झांरखंड के रहने वाले पांच लोगों से पांच किलो ग्राम अफीम बरामद की है पकड़ी गई अफीम की कीमत दस लाख रूपये बताई गई है